मुख्यमंत्री ने कहा कि ई ऑफिस का उददेश्य कार्यालयों को कागज सहित बनाकर विभागों की कार्य प्रणाली में सुधार लाना है उन्होंने कहा कि इसके अलावा ई लाहौल वैब ऐप्लीकेशन को लाहौल स्पीति जिले में स्थानीय विकताओं को अस्थाई रूप से स्टॉल स्थापित करने के लिए पंजीकरण कराने को लेकर विकसित किया गया है जयराम ठाकुर ने कहा कि ई हैली सर्विस से लोगों को शीतकालीन मौसम में हैलीकॉप्टर सेवा की सुविधा मिलेगी इस गौक पर जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा कि ई ऑफिस प्रणाली का उपयोग करने वाला लाहौल स्पीति प्रदेश का पहला जिला होगा पर्यटन विकास इस बीच मुख्यमंत्री ने शिमला में राज्य पर्यटन विकास निगम के निदेशक मंडल की बैठक की अध्यक्षता की उन्होंने निगम को अपनी इकाइयों को लामप्रद बनाने की दिशा में प्रयास करने को कहा जयराम ठाकुर ने कहा कि निगम के होटलों में शुल्कों की समीक्षा की जानी चाहिए और मैन्यू में नए व्यंजन भी शामिल किए जाएं उन्होंने कहा कि पर्यटन को आर्किषत करने के लिए कंज्म मनाली और शिमला के होटल होलीडे होम का जीर्णोद्वार जरूरी है शहीदी दिवस आज शहीदी दिवस है इस मौके पर कृतज्ञ राष्ट्र स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह राजगुरू और सुखदेव को उनके शहीदी दिवस पर श्रद्वांजलि अर्पित कर रहा है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन महान शहीदों को श्रद्वांजलि अर्पित की है एक टवीट में उन्होंने कहा कि मां भारती के इन महान सपूतों का बलिदान देश की हर पीढ़ी के लिए प्रेरणास्त्रोत बना रहेगा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी महान कांतिकारी भगत सिंह राजगुरू और सुखदेव को शहीदी दिवस पर श्रद्वांजलि अर्पित की है उन्होंने कहा कि उनका बलिदान हम सबको सदैव राष्ट्र सेवा व एकता के लिए प्रेरित करता रहेगा राज्यपाल इस बीच शहीदी दिवस पर आज शिमला के रिज मैदान पर विभिन्न सामाजिक संस्थाओं व संगठनों द्वारा एक रक्तदान शिविर लगाया गया

उन्होंने लोगों से मानवता की सेवा में आगे आने का आहवान किया राज्यपाल ने कहा कि शहीदी दिवस पर रक्तदान करके हम शहीद ए आजम भक्त सिंह राजगुरू और सुखदेव को सच्ची श्रद्वाजंलि अर्पित कर सकते है बंडारू दत्तात्रेय ने रक्तदाताओं को प्रमाणपत्र भी वितरित किए सुरेश भारद्वाज शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने पंचायत प्रतिनिधियों से आपसी तालमेल से काम करने का आहवान किया है उन्होंने आज राज्य ग्रामीण विकास संस्थान शिमला में प्रदेश के जिला परिषद अध्यक्षों व उपाध्यक्षों के लिए आयोजित तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उदघाटन किया सुरेश भारद्वाज ने कहा कि चुने हए प्रतिनिधयों को लोगों की आकक्षाओं पर खरा उतरना होगा

शहरी विकास मंत्री ने उम्मीद जताई कि पंचायती राज संस्थाए पंचायतों के विकास में नए आयाम स्थापित करेंगी और राज्य सरकार इस दिशा में हर संभव सहयोग प्रदान करेगी आयोग अध्यक्ष प्रदेश सरकार ने भारतीय वन सेवा के पूर्व अधिकारी अजय शर्मा को हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है इसके अलावा राज्य विंद्युत बोर्ड के पूर्व प्रबंध निदेशक जयप्रकाश काल्टा को आयोग का सदस्य बनाया गया है अजय शर्मा छह साल तक आयोग के अध्यक्ष पद पर तैनात रहेंगे इस सबंध में राज्य सरकार ने कल देर शाम अधिसूचना जारी कर दी है